केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्दता दोहराई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा राज्य सरकार प्रदेश में फ़िल्म निर्माण संबंधी गतिविधियों को दे रही है प्रोत्साहन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में साढ़े ग्यारह बजे आगरा में मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे इस परियोजना के अंतर्गत कुल उन्तीस किलोमीटर लम्बाई के दो मेट्रो गलियारों का निर्माण किया जाएगा जो आगरा आने वाले पर्यटकों के आकर्षण के प्रमुख केन्द्रों ताजमहल आगरा का किला और सिकंदरा को रेलवे स्टेशनों तथा बस अड्डों से जोड़ेंगे यह परियोजना पांच वर्ष में पूरी होगी और इस पर आठ हजार तीन सौ उन्यासी करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है इससे आगरा शहर के छब्बीस लाख निवासियों को फायदा होगा इसके अलावा हर साल आगरा आने वाले साठ लाख से अधिक पर्यटक भी मेट्रो रेल का फायदा उठा सकेंगे परियोजना के प्रा हो जाने से आगरा के एतिहासिक शहर को पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी तीव्रगामी जन परिवहन प्रणाली उपलब्ध हो जाएगी केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य गण्यमान्य लोग भी उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहेंगे इसका आयोजन आगरा में पीएसी की पन्द्रहवीं बटालियन के परेड मैदान में किया गया है नये क्रषि कानूनों पर गतिरोध समाप्त करने के लिए किसान संगठनों के प्रतिनिधि ब्धवार को सरकार के साथ छठे दौर की वार्ता करेंगे केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने आपत्ति वाले प्राव्धानों के संभावित समाधान तैयार किए हैं श्री तोमर ने आशा व्यक्त की है कि किसानों का विरोध प्रदर्शन जल्द ही समाप्त हो जाएगा उन्होंने दोहराया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी इससे पहले श्री तोमर ने किसान संघ नेताओं को आश्वस्त किया था कि सरकार कृषि उपज मंडी समिति एपीएमसी को मजबूत करने के तौर तरीकों पर मुक्त भाव से विचार करने को तैयार है ताकि प्रस्तावित निजी बाजारों के साथ समान अवसर उपलब्ध हो सकें श्री तोमर ने दोहराया सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए तैयार है मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी है और आने वाले कल में भी रहेगी अगर आप छह वर्ष मोदी जी के कार्यकाल में कृषि के क्षेत्र को देखेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है इसमें किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है योजनाएं बनी है बजट बढ़ा है एमएमपी बढ़ी है सरकारी खरीद बढ़ी है और किसान मंहगी फसलों के प्रति आकर्मित हो सकें किसान टैक्नॉलोजी से जुड़ सकें और किसान सफलता की और बढ़ सकें इस मामले में मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक रूप से काम किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिये संकल्पबद्ध है उन्होंने कहा कि इसके लिये प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को स्वावलम्बी बनाने का कार्य किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास आयुक्त को सभी जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कामगारों और श्रमिकों को रोजगार देने की स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने एफपीओ स्थापित करने का निर्देश देते हुये कहा कि इसके लिये कृषि विभाग सक्रियता से कार्य करे उन्होंने कहा कि शीतलहर की दृष्टि से सभी जरूरतमंदों को कम्बल वितरित किये जायें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी व्यक्ति खले में न सोए यदि कोई खूले में सोता दिखे तो उसे तत्काल रैन बसेरे तक पहंचाया जाय

उन्होंने कहा कि राज्य में फ़िल्म निर्माण के लिए ज़रूरी अच्छी लोकेशन्स भी मौजूद हैं यह बात श्री योगी ने कल लखनऊ में अपने आवास पर फ़िल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा से मुलाक़ात के दौरान कही प्रदेश में फ़िल्म निर्माण के लिए समुचित माहौल और क़ानून व्यवस्था का ज़िक़ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में फ़िल्म निर्माण के लिए माहौल अनुकूल है इसे और बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है इसी कम में सरकार नोयडा में विश्वस्तरीय फ़िल्म नगरी की स्थापना करने जा रही है ताकि फ़िल्म निर्माण से संबंधित सभी गतिविधियों को पूरा करने के लिए निर्माताओं को सुविधाएं हासिल हो सकें मुलाकात के दौरान सिने निर्माता प्रकाश झा ने मुख्यमंत्री को बताया कि पिछले तीन वर्षो से उनके द्वारा एक वेब सीरीज़ का निर्माण अयोध्या में किया जा रहा है जिसमें एक हज़ार स्थानीय कलाकार और पचास वरिष्ठ कलाकारों द्वारा काम किया जा रहा है इस सीरियल को कई करोड़ लोग देख चुके हैं फ़िल्म निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की सराहना करते हुए श्री ज्ञा ने कहा कि राज्य में फ़िल्म निर्माण के लिए अच्छा माहौल है और स्थानीय प्रशासन भी पूरा सहयोग प्रदान कर रहा है प्रदेश में राज्य विधान परिषद की पांच खण्ड स्नातक और छः खण्ड शिक्षक सीटों के परिणाम घोषित कर दिये गये हैं इन ग्यारह सीटों में से भारतीय जनता पार्टी छः सीटों पर विजयी रही है भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार शिक्षक खण्ड की सीटों पर पार्टी के च्नाव चिन्ह पर प्रत्याशी उतारे थे

भारतीय जनता पार्टी के इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह लखनऊ से मानवेंद्र प्रताप सिंह गुरुजी आगरा से और दिनेश कुमार गोयल मेरठ स्नातक सीट से विजयी र्यावित किए गए हैं समाजवादी पार्टी के खाते की सीटों में वाराणसी से आशुतोष सिन्हा और इलाहाबाद झांसी स्नातक सीट से डॉक्टर मान सिंह यादव विजयी घोषित किए गए

बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर सभी बड़ी पार्टियों भाजपा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे

एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ राष्ट्र ने कल भारतीय संविधान के जनक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के चौसठवें महा परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की इस अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गये प्रदेश में अनेक स्थानों पर कई सामाजिक सांस्कृतिक और शैक्षिक संगठनों द्वारा डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन और योगदान पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की सिद्वार्थनगर ज़िले में कल प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत नौगढ़ विकास खण्ड में कॉमन सर्विस सेन्टर की आधारशिला रखी गयी इस केन्द्र के निर्माण की कुल लागत एक करोड़ चालीस लाख रूपये है इस अवसर पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि कॉमन सर्विस सेन्टर बन जाने से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को एक केन्द्र से मिल सकेगा इससे जहां एक ओर प्रशासनिक कार्य में तेजी आयेगी वहीं दूसरी ओर जनता को भी इससे काफी सहूलियत होगी